आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे एक सौ तीस करोड़ की आबादी वाले देश के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्णबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आज जो कुछ भी घट रहा है उसमें यही एकमात्र विकल्प बचा था प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए क्षमायाचना भी की श्री मोदी ने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी सवेंदनशीलता को बढ़ाना होगा संकट की इस घड़ी में जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले उसे खाना खिलाने का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखना ही है लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित दूरी का मतलब सामाजिक संपर्क खत्म करना नहीं है श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में यही हिन्दुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेंगें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस के प्रभाव पर अंकुष लगाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और वार्ड पार्षदों से सकारात्मक भागीदारी सुनिष्चित करने की अपील की है श्री सोरेन आज राजधानी रांची में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत और नगर निकाय के जन प्रतिनिधियों का संबोधन कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य और राज्य के बाहर विभिन्न प्रदेषों में रह रहे लोगों को हर संभव बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री सोरेन ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग करने और लोगों को लॉकडाउन के दौरान सोषल डिस्टैंसिंग बनाए रखने की अपील की

हजारीबाग जिले में प्रषासन और स्वं सेवी संस्थाओं के सहयोग से पश्ञों के चारे की व्यवस्था की जा रही है ताकि लॉकडाउन के दौरान पशुओं को समुचित भोजन उपलब्ध हो सके इधर गिरिडीह जिला प्रषासन द्वारा राज्य और राज्य के बाहर रह रहे लोगों के लिए विषेष पहल की जा रही है उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा ने जिले के अधिकारियो के साथ बैठक की और चार हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उधर गढ़वा के उपायुक्त हर्ष मंगला ने कहा है कि जिले के बाहर से आने वाले लोगों को उनके घर के वजाय सरकारी क्वायरंटाइन केंद्रों तथा पंचायत भवनों में रखा जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सके उन्होंने कहा कि बाहर से आए व्यक्ति या इसके परिजनों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी इस बीच पाकुड़ जिले में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रषासन द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि किचन सेंटर में भोजन तैयार कराकर जरूरतमंदों के बीच वितरण किया जा रहा है इधर राजधानी रांची में भी स्थानीय सांसद संजय सेठ की ओर से जरूरतमंदों के बीच मोदी आहार भोजन पैकेट का वितरण किया गया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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची स्थित राजेद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और रिम्स प्रबंधन को आवष्यक दिषा निर्देष दिए इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सहित पूरा विष्व आज वैष्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित है ऐसी परिस्थिति में सरकार किसी भी प्रकार के आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है मुख्यमंत्री ने आइसोलेषन वार्ड सहित विभिन्न वार्डो का निरीक्षण किया और चिकित्सकों से कोरोना वायरस से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने रिम्स प्रबंधन से कोरोना से संबंधित जांच और दवाओं के संबंध में भी जानकारी ली

जिससे कि आम लोगों को कम से कम परेषानी हो सके

इस सिलसिले में पलामू और गढ़वा जिले में उपभोक्ताओं के लिए पंजाब से छब्बीस हजार क्विंटल गेहूं मंगवाया गया है ताकि कार्ड धारियों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिष्वित की जाय राज्य में अबतक कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित एक भी मरीज की प्रष्टि नहीं हई है हालांकि आज राज्य के दो अस्पतालों में कोरोना वायरस के चौदह संदिग्ध मरीजों की जांच की गई जिसमें तेरह संदिग्धों की जांच रिपोर्ट निगेटिव पायी गयी जबकि एक मरीज की जांच के लिए दोबारा सैम्पल भेजा गया है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेषों से अपनी अपनी सीमा को सील कर प्रवासी मजदूरों के आवागमन पर रोक लगाने का निर्देष दिया है केंद्रीय कैबिनट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेषकों से बातचीत की और लॉकडाउन के दिषा निर्देषों को प्रभावी ठंग से पालन करने का आदेष दिया

चार दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन आज छठ व्रतियों द्वारा खरना का प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है कल शाम को के अस्ताचल गामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा और मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जायेगा